राज्यपाल ने राज्य सरकार की नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिये प्रंशसा की

हरियाणा सरकार ने खारे पानी में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन के लिये जल क्षेत्र में वृद्वि करने की योजना बनाई मोती की खेती की दो इकाइयां भी स्थापित होगी

हरियाणा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ श्रू हो गया है अभिभाषण के बाद पिछले सत्र से लेकर इस सत्र के श्रू होने तक दिवंगत हई आत्माओं को सदन में श्रद्वाजंलि दी गई म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शो प्रस्ताव पढ़ा जिसका सभी दलों ने अन्मोदन किया जिन प्रमुख हस्तियों को आज श्रद्वाजंत्रि दी गई उनमें भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जार्च फर्नाडीज़ हरियाणा विधानसभा के सदस्य जसबिन्दर सिंह संध् पूर्व राज्य मंत्री सीता राम सिंगला वीर सिंह मलिक हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी शहीद प्लवामा में हये आंतकवादी हमले में शहीद हये जवानों व अन्य शामिल है बिछड़ी आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट का मौन भी रखा गया हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज हरियाणा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रंशसा की और कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के भ्रष्टाचार म्क्त पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने में सफल रही है राज्यपाल ने कहा कि सरकार निरतंर य्वाओं वृद्वों किसानों जवानों और अन्य सभी की आकांक्षाओं के अन्रूप नये नये और साहसिक प्रशासनिक सुधार कर रही है

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को सच्ची श्रदवाजंलि स्वरूप सरकार ने हरियाणा को ओडी फ प्ल्स प्सल बनाने को संक्ल्प किया है राज्यपाल ने कहा कि बिना सिफारिश के छप्पन हजार से भी अधिक य्वाओं की सरकारी नौकरियों दी गई है और सत्रह हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है

राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांग पेशन अधिकतम साढ़े चार ग्णा ब्राई गई और ऐसिड पीडित महिलाओं के लिये नई पेंशन स्कीम श्रू की गई है राज्यपाल ने ग्रामीण विकास सड़क निर्माण मैट्रो और आवास तथा अन्य क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी आने भाषण में किया

अंत में राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिदवातों का पालन करते हये सभी की समृदवि के प्रति सरकार की प्रतिबदवता पर संदेह की कोई कोई ग्ंजाइश नहीं है हरियाणा सरकार ने आगामी वर्ष में सिरसा और कंडली में मसालों की और ग्रूग्राम में फूलों की थोक मंडियों स्थापित करेगी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह घोषणा करते हये कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नई विशेष मंडिया स्थापित की जा रही है

हरियाणा सरकार मोती की खेती की दो इकाईयां स्थापित करेगी हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज हरियाणा विधानसभा में आज अपने अभिभाषण में यह घोषणा की राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खारे पानी में बडे पैमाने पर मत्सय पालन के लिए जल क्षेत्र में वृदधि करने की योजन भी बनाई है मत्सय पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए आगामी वर्ष झज्जर जींद और चरखी दादरी के जलभराव क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा

हरियाणा सरकार ने जनता की प्रकाश ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक लाख मनोहर लाल नामक सौर ऊर्जा ग्रह प्रणालियां उपलब्ध कराने की योजना बनाई है

राज्यपाल ने कहा कि किसानों का आय बढ़ाने के लिये वर्तमान विद्य्त चलित नलकूपों को सौर ऊर्जा चालित करने की योजना बनाई है

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा व अन्संधान को ओर मजबूत करने के लिये भिवानी भिवानी जींद ग्रूग्राम और महेन्द्रगढ़ में नये सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित करने का काम कर रही है

सरकार ने स्कूलों में बेहतर डिजीटल् शिक्षा प्रदान करने के लिये आप्रेशन ब्लैक बोर्ड की तर्ज पर आप्रेशन डिजीटल बोर्ड श्रू किया है नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को यह जानकारी देते हये मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल के तहत अगले तीन वर्षो में नौवीं दसवी व ग्यारहवीं कक्षा की सात लाख कक्षाओं और कालेजों व विश्वविदयालयों को दो लाख कक्षाओं को डिजीटल बोर्ड से लैस किया जायेगा उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा की ग्णवता में सुधार आयेगा और नये अवसरों तथा सीखने और सिखानें के नये तरीके मिलेंगे मंत्री ने कहा कि इससे शिक्षा प्रणाली में नई क्रांति आयेगी हरियाणा सरकार नरेला से कंडली फरीदाबाद से गुरूग्राम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन ग्रूग्राम बहाद्रगढ़ से सांपला और बाढ़सा से दवारका और गुरूगाम से दक्षिण परिधि सडकपर इन छ परियोजनाओं सें मेट्रो का विस्तार करने पर विचार कर रही है